आज हिन्दी दिवस है

और पटना सहित दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश

केन्द्र सरकार ने देशभर में बारह हजार पांच सौ आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा है इनमें से चार हजार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र इस साल खोले जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि सरकार आयुष चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में विशेष रुचि ले रही है उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र से लौटाये गये आवेदनों में किसान सुधार कर सकते हैं इन आवेदनों को फिर से केंद्र सरकार के पास भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि अगर दोबारा भेजे गये आवेदन सही पाये गये तो लाभ से वंचित उन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा कृषि मंत्री ने किसानों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है राज्य के अठारह जिलों की आठ सौ छियानवे पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है इन पंचायतों के सभी परिवारों को तीन तीन हजार रूपये तत्काल सहायता दी जायेगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पटना नालंदा भोजपूर रोहतास गया नवादा औरंगाबाद जहानाबाद अरवल शेखपुरा वैशाली मुंगेर जमुई लखीसराय मुजफ्फरपुर दरभंगा और भागलपुर समेत अठारह जिलों की सूखाग्रस्त पंचायतों के परिवारों को सहायता राशि देने की मंजूरी प्रदान की गयी है इन पंचायतों में औसत से तीस प्रतिशत से कम वर्षा हुयी है प्रदेश में आठ जिलों के चालीस गांवों को जलवायु के अनुकूल कृषि के लिये मॉडल के रूप में विकसित किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इसके लिये साठ करोड़ पैंसठ लाख रूपये खर्च करने की मंजूरी प्रदान कर दी है मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के लिये सड़सठ करोड़ रूपये जारी करने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है कैबिनेट में कुल उन्नीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के लखनपुरा गांव निवासी सेना के जवान कमलेश कुमार सिंह कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से की गयी गोलाबारी में शहीद हो गये शहीद कमलेश चौदह महीने पहले सेना में भर्ती हुये थे और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग कुपवाड़ा में हुयी थी कमलेश बीस दिन पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे सेना की ओर से कमलेश की शहादत की सूचना उनके परिजनों को भेज दी गयी है शहीद जवान का शव आज पटना लाया जायेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान् को सभी का समर्थन मिल रहा है कई मंत्रालयों और संगठनों ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को देखते हुए लोगों को जागरूक भी बनाया जा रहा है

इसके अलावा एयर इंडिया ने भी दो अक्टूबर से अलायंस एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगा सरकार ने सभी सहकारी दुग्ध संघों के साथ ही निजी डेयरियों से कहा है कि वे गांधी जयंती से पहले अपने यहां प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा घटाकर आधी करें पर्यावरण मंत्रालय भी भारत को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़े अभियान की शुरूआत करने जा रही है

बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य आठ सौ पचास डॉलर प्रति मिट्रिक टन निर्धारित किया है खाद्य और सार्वजनिक प्रणाली तथा उपभोक्ता मामलों से संबंधित मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसका उद्देश्य प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाकर घरेलू बाजार में इसकी कीमत कम करना है पटना उच्च न्यायालय ने ओएमआर आँसर शीट में व्हाइटनर या इरेजर का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षा से अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने याचिकाकर्ता अशोक क्रांति और अन्य द्वारा दाखिल की गयी रिट याचिका को खारिज करते हुये यह फैसला सुनाया है याचिकाकर्ता ने अदालत से बिहार बोर्ड को उन उम्मीदवारों को अंक देने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की थी जिन्होंने बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो हजार सत्रह में व्हाइटनर के माध्यम से सुधार किया था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा कि उन्नयन बिहार के तहत अगले सत्र से सभी पंचायतों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू की जायेगी पटना में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी श्री महाजन ने कहा कि स्मार्ट कक्षा के साथ ही सभी पंचायतों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इसके लिये हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं और मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित भी किया जा रहा है आज हिन्दी दिवस है इसी दिन उन्नीस सौ पचास में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था हिन्दी दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता और सद्भावना को अक्षुण्ण बनाये रखने का एक सशक्त माध्यम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय पहचान और एकता की मजबूत कड़ी के रूप में लगातार विशेष भूमिका निभाती आ रही है उन्होंने कहा कि हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस अवसर पर प्रदेश मे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय मॉनसून सिस्टम के राज्य में प्रवेश करने से पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान झमाझम बारिश हुयी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है वहीं कई इलाकों में घूटनों तक पानी भर जाने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने पटना सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की है अलर्ट के मद्देनजर राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत पटना में चलाया जा रहा सघन जांच अभियान समाप्त हो गया है प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने पत्र जारी कर कहा है कि लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया जायेगा साथ ही नियमित जांच अभियान जारी रहेगा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ विभाष चंद्र झा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ेअब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सूखाग्रस्त आठ सौ छियानवे पंचायत के हर परिवार को तीन तीन हजार रूपये देने के राज्य सरकार के फैसले को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है सूखा पीड़ित किसानों को तीन तीन हजार दैनिक जागरण का शीर्षक है सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने पर शीघ्र निर्णय ले केंद्र प्रभात खबर ने विधायक अरूण यादव के घर हयी छापेमारी से जूड़ी खबर का शीर्षक लगाया है राजद विधायक के खिलाफ वारंट जारी

आज हिन्दी दिवस है

और पटना सहित दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में झमाझम बारिश